बुनियादी ढांचे का विकास भारत को पचास खरब डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना किसान कल्याण और जल सुरक्षा वित्तमंत्री निर्मला सीताराम के पहले बजट की मुख्य बातें हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यू इंडिया की शुरूआत कर दी है और द्रनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म परफार्म और ट्रांसफार्म का सिद्धांत सफल हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए बजट में ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने विभिन्न प्रकार के संपर्क के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने भारत की आंतरिक क्षमताओं के उपयाग और सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के विकास का लक्ष्य रखा गया है

बजट में अगले दशक के लिए सरकार के दस साल के विजन को भी प्रस्तुत किया गया है इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास डिजिटिल इंडिया प्रदूषण मुक्त भारत मेक इन इंडिया जल प्रबंधन और नदियों की सफाई अंतरिक्ष कार्यक्रम खाद्यान आत्मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने स्वस्थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बात कही गई है बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है उन्होंने कहा कि इस वर्ष जब हम गांधी जी की डेढ सौवीं वर्षगांठ मना रहे ह तो हमें अपने सभी प्रयासों में अंत्योदय को प्राथमिकता देनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार के हर प्रयास का केन्द्र बिन्दु गांव गरीब और किसान हैं

वित्तमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत इस साल गांधी जयंती तक खुले में शौच की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा

दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिभार में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है पांच करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिभार में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है

सड़क रेल जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं भारत माला परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की जाएगी जिसके अंतर्गत देश भर में सड़क संपर्क का विस्तार किया जायेगा हवाई परिवहन और पोत परिवहन के विकास का भी बजट में लक्ष्य रखा गया है रेल परिवहन के क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे के विकास म सरकारी निजी भागीदारी के जरिये रेल नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब दो करोड़ मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस शहद और खादी वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने की बात भी बजट में बताई गई है

इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन वर्षा जल संचय और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है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

कुल मिलाकर अधिकांश लोगों ने बजट को सराहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की परिकल्पना की दिशा में मजबूत कदम होगा बाइट लोगों की अपेक्षा और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला यह बजट है समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने गांव गरीब किसान नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके कि हितों को संवर्द्वन करने वाला यह बजट है और हम सबके लिये गौरव की बात है कि आदर्णीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दो दशमलव सात ट्रिलियन डॉलर के इकॉनोमी बनने और बहुत शीघ्र तीन ट्रिलियन की इकॉनोमी बनने का गौरव हासिल करने जा रहा है और लक्ष्य रखा है भारत दोनया के अंदर पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी का देश होगा भारतीय रेडियो श्रोता संघ अमेठी के प्रमोद कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि बजट स्वागत योग्य है और इससे भारतीय व्यवस्था मजबूत होगी

इस बजट में हर घर को पानी हर घर को बिजली सड़कों के लिए निर्माण की घोषणा बेघर को मकान की घोषणा स्वागत योग्य है हम इस बजट का स्वागत करते हैं

अयोध्या के व्यापारी ज्योति गुप्ता कहते हैं बजट व्यापारियों के काफी फायदेमंद है बाइट आज जो बजट आया है हम व्यापारियों के लिए बहुत बढिया बजट है और हम लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी जीएसटी से तो अब बहुत बढिया हो गया हमारे देश की तरक्की होगी

यही तो बहुत अच्छा हो गया है कि अब हमको पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी

वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बजट को लोक लुभावन वाला बजट बताते हुए कहा है कि यह प्रंजीपतियों की हर प्रकार से मदद करने वाला बजट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बजट से ढेर सारी उम्मीद लिये देश के आम आदमी गरीब नौजवान किसान और मजदूर को पूरी तरह निराश किया है

संसद के दोनों सदनों में कल इस आशय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीता रामन ने कहा कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है

क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया बंगाली गुजराती कन्नड़ कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलगू और उर्दू शामिल हैं